राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि आजादी की लड़ाई में समाज के सभी क्षेत्रों वर्गो और सामुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया इन स्वतंत्रता सेनानियों के अधूरे कामों को पूरा करना तथा देश का विकास करना ही उनके प्रति हमारी श्रद्वाजंलि है उन्होंने कहा है कि स्वाधीनता की अवधारणा बहुत व्यापक है हमें स्वाधीनता के दायरें को निरन्तर बढ़ाते रहना है जिससे देशवासियों को विकास के नये नये अवसर प्राप्त हो सके बाइट स्वाधीनता के दायरे को बढ़ाते रहना एक निरन्तर प्रयास है

हमें स्वाधीरता को नये आयाम देने हैं और ऐसे प्रयास करते रहना है जिनसे हमारे देश और देशवासियों को विकास के नये नये अवसर प्राप्त हो सकें श्री कोविंद ने देश के करोड़ों किसानों सैनिकों अर्द्वसैनिक बलों तथा पुलिस के जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह लोग अपने कर्तव्य को पूरा करने में हमेशा आग रहते हैं उन्होंने कहा कि हम इन सभी लोगों को तकनीकी और सुविधाएं प्रदान कर स्वाधीनता सेनानियों के सपनों के भारत का निर्माण करते है बाइट हमारे सैनिक सरहदों पर बर्फीले पहाड़ों पर चिलचिलाती ध्रप में सागर और आसमान में पूरी बहादुरी और चौकसी के साथ देश की सुरक्षा में समर्पित रहते हैं

उन्होंने कहा कि महिलाओं की हमारे समाज में विशेष भूमिका है महिलाओं की आजादी को व्यापक बनाने में ही देश की आजादी की सार्थकता है राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं को अपने ढंग से जीने का तथा अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने का सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए बाइट महिलाओं की हमारे समाज में एक विशेष भूमिका है कई मायनों में महिलाओं की आजादी को व्यापक बनाने में ही देश की आजादी की सार्थकता है यह सार्थकता घरों में माताओं बहनों और बेटियों के रूप में तथा घर से बाहर अपने निर्णयों के अनुसार जीवन जीने की उनकी स्वतंत्रता में देखी जा सकती है उन्हें अपने ढंग से जीने का तथा अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने का सुरक्षित वातावरण तथा अवसर मिलना ही चाहिए श्री कोविंद ने कहा कि देश के नौजवान राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं की बुनियाद हैं इन नौजवानों को अपनी प्रतिभाओं को उभरने का अवसर देकर हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों के भारत का निर्माण करते हैं उन्होंने कहा कि आज हम कई ऐसे लक्ष्यों के करीब पहुंच गये हैं जिनके लिए लम्बे समय से प्रयास कर रहे थे आज सबके लिए बिजली खुले में शौच से मुक्ति और बेघरों के लिए घर हमारी लक्ष्य की पहुंच में है श्री कोविंद ने आहवान किया कि हम ध्यान भटकाने वाले मुददों में न उलझे और न ही निरर्थक विवादों में पडकर अपने लक्ष्यों से हटे श्री कोविंद ने कहा कि ग्राम स्वराज अभियान का लाभ देश के गरीबों और वंचितों तक पहुंच रहा है उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हमें गांधी जी के विचारों की गहराई को समझना और उनका पालन करने की आवश्यकता है श्री कोविंद ने छात्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहां की परिस्थितियों को समझने का आग्रह किया

इस अवसर पर प्रसार भारती ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के सीध ऑनलाइन प्रसारण के लिए गूगल और यू ट्यूब के साथ करार किया है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने मीडिया को बताया कि लाइव स्ट्रीम विंडो गूगल के होम पेज पर दिखाई देगा ताकि लोगों को यू ट्यूब चनल पर जाने के लिए कोई अलग लिंक न ढूंढना पड़े उन्होंने कहा कि इस स्ट्रीम से प्रधानमंत्री का भाषण दुनियाभर में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचेगा श्री वेम्पटी ने बताया कि लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण समाप्त होने के बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद प्रसारित किया जाएगा प्रदेश में कल स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की तैयारियां जोरों पर है

राजभवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल राम नाईक ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लेंगे राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में सरकारी अर्द्वसरकारी तथा निजी भवनों की सफाई कर उन्हें अच्छे ढंग से सजाया संवारा गया है स्वतंत्रता दिवस आयोजन को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं रेलवे स्टेशन बस स्टैंड होटलों रेस्टोरेंट अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चौकसी बढ़ा दी गई है नेपाल से लगी अतंर्राष्ट्रीय सीमा पर सशस्त्र सीमा बल और पुलिस गश्त तेज कर दी गई है महाराजगंज सिद्धार्थनगर बलरामपुर श्रावस्ती बहराइच लखीमपुर और पीलीभीत जनपद में नेपाल से आने जाने वाले लोगों की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही हैं आगरा में विश्व धरोहर ताजमहल सहित अन्य स्मारकों और प्रमुख स्थानों पर स्रक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं होटलों और धर्मशालाओं की विशेष चेकिंग की जा रही है विज्ञप्तविभिन्न पीटीसी इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नौ सौ बयालीस पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है वीरता के लिए राष्ट्रपति का प्रलिस पदक मरणोपरांत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के मोहम्मद तुफैल और इसी बल के ही कांस्टेबल शरीफउद्दीन गनई को प्रदान किया जाएगा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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में शिक्षा सड़क और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों में सुधार के चलते प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से बढ रहा है श्री योगी आज बस्ती में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि एक साल में तेरह लाख गरीबों के लिए आवासों का निर्माण कराया गया तथा चालीस लाख परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिये गये इसके अलावा चौसठ हजार मजरों को बिजली से जोड़ा गया है उन्होंने कहा कि सरकार ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम कर रही है उन्होंने नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाये रखने की अपील करते हुए कहा कि नदियां जीवन रेखा है और इनको साफ सुथरा बनाये रखना हमारा कर्तव्य है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए मथुरा जनपद के जवान पुष्पेन्द्र सिंह के परिजनों को पच्चीस लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है शहीद को अपनी श्रद्धाजंलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले इस वीर सपूत को हमेशा याद किया जायेगा राज्य में हो रही वर्षा और ऊपरी क्षेत्रों से आने वाले पानी के कारण नदियों में बाढ़ का प्रकोप तेज हो गया है कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है शारदा नदी पलियाकलां लखीमपुर खीरी में खतरे के निशान से एक मीटर उन्नीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है

राप्ती नदी बलरामपुर में खतरे के निशान स ऊपर बह रही है गंगा नदी नरौरा कच्छला ब्रिज और फतेहगढ़ में खतरे के निशान से नीचे बनी हुई है वहीं यमुना नदी का जलस्तर मुजफ्फरनगर के मावी में खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है सहारनपुर में लगातार बारिश से ढमोला नदी का जल आवासीय कालोनियों में प्रवेश कर गया है